मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ऐसे बच्चों को बिना किसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के सिर्फ पहचान पत्र के आधार पर ही सम्बंधित कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा साथ ही बच्चों को मिड डे मील सहित दूसरी सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाइन में सभी राज्यों को ऐसे बच्चों की जानकारी इक्कठा करने के निर्देश दिए हैं जो शहरों से पलायन कर गांव पहुंचे हैं मंत्रालय का कहना है कि ये कोशिश की जाये कि कोई भी बच्चा जो लॉकडाउन के दौरान गांव पहुंचा है उसकी पढ़ाई न छूटे कोरोना हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है

प्रवेश प्रक्रिया प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है

जिन अभिभावकों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है वे स्कूलों में जा कर बच्चों की एड्मिशन करवा सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग ने बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्टाफ का विद्यालय आना अनिवार्य किया है विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कोई भी बच्चा अपने अभिभावकों के साथ स्कूल नहीं जायेगा

इसके अलावा सरकारी स्कूलों में छुटियां खत्म होने के बाद आज से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा लेने में असमर्थ होंगे उन्हें घर बैठे ही नोट्स उपलब्ध करवाए जायेंगे मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है

मैदानी क्षेत्रों में अब भी लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना विस्फोट से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक की एक खबर है शिमला नेरचौक धर्मशाला में ही रखे जाएंगे पॉजिटिव किडनी रोगी पांच किडनी रोगियों की मोत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग वीरभद्र सिंह की लंच डिप्लोमेसी को नहीं मिला कांग्रेस के कई नेताओं का समर्थन अमर उजाला की खबर है

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है विरोधियों ने नहीं स्वीकारा वीरभद्र का न्योता आपका फैसला ने लिखा है अगले विधानसभा चुनाव के लिये वीरभद्र के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू